प्रेक्षकों को चुनाव ड्यूटी के दौरान उनकी भूमिका और जिम्मेदारियों की जानकारी दी जाएगी मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा दोनों निर्वाचन आयुक्त अशोक लवासा और सुशील चन्द्र प्रेक्षकों को उनकी भूमिका से अवगत कराएंगे

केन्द्रीय सुरक्षा बल का प्रयोग मुख्यतरू फ्लेग मार्च और संवेदनषील इलाकों में मार्च के लिये किया जायेगा उन्होंने कहा है कि कोन्द्रीय सुरक्षा बल चुनाव के पहले ही देने का मुख्य उद्देश्य निर्वाचन के लिये भयमुक्त वातावरण का निर्माण करना एवं प्रशासनिक व्यवस्था में आमजन के विश्वास को मजबूत करना है संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव भारत ने संयुक्त राष्ट्र प्रस्ताव के प्रतिबंधों में चीन द्वारा तकनीकि अवरोध खड़ा करने के चलते पाकिस्तान में रह रहे जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर का नाम वैश्विक आतंकी सूची में शामिल न किये जाने पर निराशा जताई है विदेश मंत्रालय द्वारा बीती रात जारी बयान में कहा गया है कि यह कदम अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा जैश सरगना को आतंकी घोषित करने और उसके संगठन को सक्रिय मानने की राह में रोड़ा है

भारत ने दो टूक कहा है कि वह अपने नागरिकों को न्याय दिलाने के लिये बर्बर आतंकी हमलों में शामिल आतंकी सरगनाओं के मामले को सभी संभव मंचों पर उठाना जारी रखेगा भाजपा आरोप सतना जिले में एक और बच्चे का अपहरण करने के बाद उसकी हत्या किये जाने का मामला सामने आया है प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और सांसद राकेश सिंह ने घटना पर आकोश व्यक्त करते हुए कहा है कि प्रदेश में कांग्रेस सरकार के आते ही राज्य के लोग अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित हो गये हैं उन्होंने एक बयान में मुख्यमंत्री कमलनाथ से लोगों को सुरक्षा का आश्वासन देने की मांग की है श्री सिंह ने कहा कि सतना जिले में ही पिछले दिनों दो बच्चों के अपहरण और उनकी हत्या के कुछ दिन बाद ही फिर से इस तरह की घटना कानून और व्यवस्था की खराब स्थिति के बारे में बताती है वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राजेन्द्र कुमार सिंह ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को एक पत्र लिखकर सतना के पुलिस अधीक्षक का तबादला करने का आग्रह किया है उन्होंने बच्चों की अपहरण की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा है कि जिले में एसपी सही ढंग से काम नहीं कर रहे हें

सुगम मतदान के लिये दिव्यांगजन संवेदनीकरण पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला आज भोपाल में होगी सचिव भारत निर्वाचन आयोग आनन्द कुमार पाठक और अवर सचिव सुजीत कुमार मिश्रा उपस्थित रहेंगे धार जिले में कल कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में निर्वाचन के लिये नियुक्त मास्टर ट्रेनरों का एक दिवसीय प्रषिक्षण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी दीपक सिंह की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ वहीं सागर में राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई एवं स्वीप टीम के संयुक्त तत्वावधान में मतदाता जागरुकता रैली का आयोजन ग्राम कनेरा देव में किया गया रीवा जिले में चुनाव खर्च की निगरानी तथा कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पूरे जिले में उडनदस्ता दल एफएसटी तथा एसएसटी तैनात किये गये हैं इन दलों में शामिल कर्मचारियों तथा सहायक व्यय प्रेक्षकों का प्रशिक्षण आज आयोजित किया जा रहा है छिन्दवाडा जिले के सौंसर में कल मध्यप्रदेश और महाराष्ट्र राज्यों के सीमा क्षेत्रों के संबंध में दोनो राज्यों के अधिकारियों की अंतरप्रांतीय समन्वय बैठक संपन्न हुई बैठक में छिंदवाड़ा व नागपुर के अधिकारी उपस्थित थे श्योपुर में मतदाता जागरूकता अभियान के अंतर्गत सरकारी कॉलेज में स्लोगन प्रतियोगिता आयोजित की गई

केन्द्रीय मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर ने कल भिंड जिले के मेहगॉव में विजय संकल्प यात्रा के अंतर्गत सभा में आरोप लगाया है कि राज्य की कांग्रेस सरकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लिए किसानों की जानकारी केन्द्र सरकार नहीं भेज रही है उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों में जहां भाजपा या सहयोगी सरकारें हैं वहां किसानों के खातों में पहली किश्त के दो हजार रूपये जमा कराये जा चुके हैं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष राकेश सिंह ने मुख्यमंत्री कमलनाथ पर प्रदेश के किसानों को गुमराह करने का आरोप लगाया है वहीं शिवपुरी जिले के बैराड में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सपा बसपा और निर्दलीयों के समर्थन पर टिकी कांग्रेस सरकार ज्यादा दिन नहीं चल पायेगी

मानवाधिकार आयोग राज्य मानव अधिकार आयोग द्वारा जिला स्तर पर की जा रही जन सुनवाई की श्रृंखला में कल जिला पंचायत कार्यालय छतरपुर में आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक हुई आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति नरेन्द्र कुमार जैन और आयोग के सदस्य द्वय मनोहर ममतानी और सरबजीत सिंह ने प्रकरणों की सुनवाई की

सलामी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने शतक लगाया उन्हें मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरिज घोषित किया गया

दूसरे दिन लंगर और अन्य कार्यक्रम होंगे